इन केंद्रों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हर साल तीन हजार छः सौ करोड़ रूपये की बचत हो रही है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 उन्हॉने कहा कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह तक देश में सौ से भी कम जन औषधि केन्द्र थे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 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष दो हजार तेईस को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी जिससे छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा उत्तर प्रदेश बीस लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है प्रदेश में अब तक चौदह लाख पचासी हजार आठ सौ तिरानबे लोगों को कोविड का पहला टीका और पांच लाख उन्तीस हजार दो सौ इक्यावन लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है राज्य में अब तक कुल बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवालीस लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि कल महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में एक अनुठी पहल की जायेगी इसके तहत राज्य के सभी पचहत्तर जनपदों में कोविड टीकाकरण के तीन तीन बूथ महिलाओं के टीकाकरण हेतु समर्पित रहेंगे इनके संचालन की जिम्मेदारी भी महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के हाथों में होगी प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर एक हजार छः सौ सैंतालीस रह गये है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के एक सौ सत्रह नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान एक सौ इक्यानवे लोग बीमारी से ठीक हए हैं प्रदेश में अब तक क्ल पांच लाख तिरानबे हजार आठ सौ पंचानबे लोग बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ हजार सात सौ सैंतीस लोगों की मृत्यु हुयी है इस बीच प्रदेश में कोविड की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है कल एक दिन में एक लाख आठ हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक प्रदेश में कुल तीन करोड़ बीस लाख छियासी हजार तीन सौ छः नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में आगामी तेरह मार्च से सत्ताईस मार्च तक लक्षित समूहों की कोविड जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अगले माह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्द ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी गेहूं खरीद की तैयारियों की नियमित समीक्षा करें श्री योगी ने राज्य में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए चलाए जा रहे वरासत अभियान को भी पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज अयोध्या में रामलला हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किया उन्होंने कहा कि अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का श्रीराम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिससे अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायण और रामचरित मानस के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रन्थों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे गये हैं और जल्द ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया जाएगा वाराणसी में गंगा के चौरासी घाटों पर आज जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहभागिता से विशेष सफाई अभियान चलाया आयक्त और जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम कर्मचारियों सफाईकर्मियों स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने अभियान में भाग लिया जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा सफाई का यह अभियान प्रत्येक माह के एक रविवार को संचालित किया जाएगा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की आज पृण्यतिथि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया